उनचासवां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह कल से गोवा में हो रहा है शुरू

अगले दो दिनों तक आसमान में छाये रहेंगे बादल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज कहा कि एनडीए सरकार के कार्यकाल के दौरान पिछली सरकारों की तूलना में कनेक्टिविटी ब्रनियादी ढ़ांचा क्षेत्र और नई तकनीक के विकास के क्षेत्र में तेजी से काम हो रहे हैं श्री मोदी आज हरियाणा के गुरूग्राम में कई परियोजनाओं के उदघाटन के बाद एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि दो हजार चौदह से पहले एक दिन में सिर्फ बारह किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग बनते थे लेकिन आज हर दिन सत्ताईस किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि नई तकनीक को बढ़ावा देने के लिए यूवाओं के लिए स्टार्ट अप इंडिया स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की गयी है ताकि यूवा उद्यमियों के लिए धन की कोई कमी नहीं हो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रमूख मोहन भागवत ने आज कहा कि राजनीति में संघ की ताकत बढ़ने से लोग बड़ी संख्या में भाजपा से जुड़ रहे हैं भागलपुर में संघ के बौद्धिक सत्र के दौरान श्री भागवत ने कहा कि अब संघ की बातों को भी गम्भीरता से सुना जा रहा है उन्होंने इस अवसर पर बांका और भागलपुर के स्वयं सेवकों से संगठन को मजबूत करने को लेकर विचार विमर्श किया बिहार में एनडीए के घटक दलों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर लोजपा संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष चिराग पासवान ने आज भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भूपेन्द्र यादव से नई दिल्ली में मूलाकात की बाद में श्री पासवान ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि उन्होंने सहयोगी दलों के बीच सीटों के बंटवारे पर जल्द फैसला लेने का अनुरोध किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अपराध भ्रष्टाचार और साम्प्रदायिकता से किसी प्रकार समझौता नहीं किया जायेगा आज रोहतास जिले के करगहर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुये उन्होंने कहा कि वे काम में विश्वास रखते हैं और उन्हें वोट की चिंता नहीं है श्री क्मार ने कहा कि उनकी सरकार ने समाज के सबसे कमजोर तबके के विकास के लिए विशेष योजनाएं बनायी है मुख्यमंत्री ने सासाराम में एक इंजीनियरिंग कॉलेज का भी शिलान्यास किया विश्व शौचालय दिवस पर आज पटना जिले के ग्यारह प्रखंडों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया पटना के ज्ञान भवन में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने स्वच्छता के क्षेत्र में कार्य कर रही विभिन्न जिला इकाईयों को सम्मानित किया सीतामढ़ी जिले को सबसे ज्यादा आठ प्रस्कार मिले इस अवसर पर सुशील कुमार मोदी ने कहा कि प्रथम ओडीएफ जिला बनकर सीतामढ़ी ने अन्य जिलों को राह दिखाने का काम किया है वहीं शेखप्रा में इस अवसर पर स्कूली बच्चों के बीच चित्रांकन और स्लोगन लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया आई आर सी टी सी घोटाला मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद को बीस दिसम्बर को न्यायालय के समक्ष हाजिर होने का निर्देश दिया है ये मामला आई आर सी टी सी के दो होटलों का ठेका एक निजी कंपनी को दिए जाने में कथित अनियमितताओं से जूड़ा है विशेष न्यायाधीश अरुण भारद्वाज ने श्री प्रसाद के अस्वस्थ होने के कारण उन्हें वीडियो कांफ्रेन्स के जरिए न्यायालय में पेश होने का निर्देश दिया है इस मामले में आज पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव अदालत के समक्ष पेश हुये मूंगेर के बहचर्चित एके सैंतालीस राइफल तस्करी मामले में गिरफ्तार किये गये सभी ग्यारह आरोपियों की आज पटना स्थित एनआईए की विशेष अदालत में पेशी हुई इसके बाद सभी को पटना के बेउर जेल भेज दिया गया गोवा में उनचासवां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह कल से शुरू हो रहा है फिल्मोत्सव के दौरान गैर फीचर फिल्म भारतीय पैनोरमा वर्ग में बिहार के निर्देशक की भोजपुरी फिल्म नाच भिखारी नाच दिखाई जायेगी फिल्म का निर्देशन रंगकर्मी जैनेंद्र दोस्त ने किया है सारण जिले के मढ़ौरा के निवासी रंगकर्मी जैनेंद्र ने आकाशवाणी को बताया कि पूरी फिल्म लौंडा नाच की लुप्त होती लोक कला के बारे में है इसमें भिखारी ठाकुर के सहयोगी रहे कलाकार रामचन्द्र मांझी अपनी कहानी रोचक तरीके से बताते नजर आयेंगे

नौ दिनों तक चलने वाले इस फिल्मोत्सव में अड़सठ देशों की दो सौ बारह फिल्मों का प्रदर्शन किया जायेगा राजधानी पटना समेत पूरे प्रदेश के मौसम में कल से बदलाव आने की संभावना है मौसम विभाग ने अपन पूर्वामुमान में कहा है कि अगले दो दिन प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में आकाश में बादल छाये रहेंगे इस दौरान कुछ स्थानो पर हल्की ब्रंदा बांदी हो सकती है मौसम में आये बदलाव से न्यूनतम तापमान में कमी आयेगी और ठंड का एहसास भी बढ़ेगा हर घर तक बिजली पहुंचाने की केंद्र सरकार की सौभाग्य योजना के कारण प्रदेश में बडी संख्या में ग्रामीण क्षेत्र के घरों से अंधियारा दूर हुआ है

अनुसूचित जाति बहुल गांवों में बिजली पहुंचने से लोगों की पुरानी मांग पूरी हुई है

इससे कृषि कार्यों में सुविधा हो रही है

आकाशवाणी समाचार के लिए हाजीपुर से मनोज कुमार सिंह कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कल से पांच दिसम्बर तक सभी पंचायतों में किसान चौपाल लगायी जायेगी उन्होंने कहा कि चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश के किसानों को कृषि विभाग द्वारा संचालित योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जायेगी पटना के एसके पूरी थाना क्षेत्र अन्तर्गत राजेश रोड में खुले नाले में गिरे दस वर्षीय बच्चे दीपक का पचपन घंटे बाद भी कोई सूराग नहीं मिल पाया है एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की अलग अलग टीमें नाले में गिरे बच्चे की तलाश में जूटी है गौरतलब है कि शनिवार को दोपहर बाद बच्चा नाले में गिर गया था जिसके बाद बचाव अभियान चलाया गया जो अभी भी जारी है कृतज्ञ राष्ट्र ने आज पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की एक सौ एकवीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की इस अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेशभर में कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया पटना में कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय में आयोजित समारोह में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदनमोहन झा सहित अन्य नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि अर्पित की जमुई जिला प्रशासन ने बीएड के अमान्य प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त हये जिले के पांच शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया है पूर्वी चम्पारण जिले के मोतिहारी में एसटीएफ ने आज कुख्यात मुकेश पाठक गिरोह के सात सदस्यों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधियों की निशानदेही पर एक मिनी गन फैक्ट्री का उदभेदन किया गया बेगूसराय जिले के वीरपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत गारा में अज्ञात अपराधियों ने एक बच्चे की गोली मारकर हत्या कर दी गोपालगंज जिले के कुचायकोट थाना क्षेत्र के जलालपुर चेक पोस्ट से पूलिस ने एक सौ अड़तालीस कार्टन विदेशी शराब के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है वैशाली जिले के भगवानपुर थाना के सठियौता गांव स्थित बैंक ग्राहक सेवा केन्द्र के कार्यालय से अपराधियों ने एक लाख अस्सी हजार रुपये लूट लिये मुजफ्फरपुर जिले के श्रीकृष्ण मेमोरियल अस्पताल में डॉट्स केन्द्र में अचानक आग लगने से हजारों की दवाईयां जल कर नष्ट हो गयी

उनचासवां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह कल से गोवा में हो रहा है शुरू

अगले दो दिनों तक आसमान में छाये रहेंगे बादल